मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्तर पर घायलों और पीडितों के परिजनों को कोई परेशानी ना हो ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी बालोतरा पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिये एडवाइजरी जारी की जायेगी और मामले के दोषियों को बख़्शा नहीं जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की जांच जोधपुर के संभागीय आयुक्त बी एल कोठारी को सौंपी है

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और कहा है कि सरकार को पीडितों की हरसंभव मदद करनी चाहिये उन्होंने मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ स्वास्थ्य लाभ की कामना की है गौरतलब है कि कल बालोतरा क्षेत्र के जसोल कस्बे में तेज अंधड़ के कारण एक पाण्डाल गिरने से ये हादसा हुआ था

घायलों को इलाज के लिये सवाईमाधोपुर रैफर किया गया है

वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे कार्यक्रम में करगिल युद्ध के कार्यरत और सेवानिवृत्त सेनाकर्मी भी मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

पुलिस कर्मचारियों को यह सुविधा देने वाला डूंगरपुर के बाद उदयपुर राज्य का दूसरा शहर बन गया है हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साप्ताहिक अवकाश देने के आदेश जारी किए हैं एसपी के आदेश के बाद अब सूरजपोल थाने में दो सप्ताह तक साप्ताहिक अवकाश की मॉनिटरिंग की जाएगी सकारात्मक फीडबैक प्राप्त होने पर पहले शहर के सभी थानों और बाद में जिले के सभी थानों में साप्ताहिक अवकाश की सुविधा दी जा सकेगी आदेश के मुताबिक आवश्यक ड्यूटी होने पर साप्ताहिक अवकाश निरस्त किया जा सकेगा

इस मौके पर शहनाई वादन और गढ गणेश की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ और शहरभर में विरासत यात्रा निकाली गई इस मौके पर बूंदी को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई वृक्षारोपण और रक्तदान सहित कई कार्यक्रम भी हुए

इस दौरान सभी शिक्षक अपने क्षेत्र के घर घर जाकर बालकों को चिन्हित कर स्कूल में प्रवेश के लिए प्रेरित करेंगे

गौरतलब है कि पिछले दिनों जिला जेल से तीन कैदी दीवार फांदकर फरार हो गये थे जिसके बाद चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई थी फरार कैदियों पर दुष्कर्म के गंभीर मामले दर्ज है

मानसून पूर्व की वर्षा के कारण राज्य के सात जिलों में असामान्य वर्षा रिकार्ड की गई है इनमें चित्तौड़गढ़ उदयपुर ड्रंगरपुर प्रतापगढ राजसमन्द और भीलवाड़ा शामिल है प्रदेश में मानसून पूर्व की वर्षा के कारण कई जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है इस बीच कल बांसवाड़ा में तेज वर्षा हुई जबकि झुन्झुनू और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर भी अच्छी बारिश हुई डूंगरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल आधे घंटे तक तेज हवाओं के कारण हुई बारिश के दौरान कई बिजली के खम्मे गिर गये जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई